लोकसभा में सरकार के खिलाफ तेलगुदेशम पार्टी द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आंध्रप्रदेश को अशक्त बना दिया और बटवारे की वजह से वह कई मानकों पर पिछड़ गया है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दो करोड़ युवाओं को नौकरियां दिलाने का वादा किया था लेकिन केवल चार लाख यूवाओं को ही नौकरियां दी गईं

उन्होंने सरकार से पूछा कि वह राफल विमानों की खरीद से संबंधित ब्यौरों की जानकारी क्यों नहीं दे रही है

सदन में चर्चा के दौरान ग्रहमंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया उन्होंने कहा कि कभी दो सांसद वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश के अधिकांश राज्यों में सत्तासीन है त्रिपुरा में लम्बे समय तक वामपंथी पार्टी की सरकार रही है लेकिन वहां पर भी हमने दो तिहाई बहुमत से अपनी सरकार बनाई हैं इससे पहले भाजपा सांसद राकेश सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके समय में कई घोटाले हुए जिनसे दुनिया भर में देश की छवि खराब हुई श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने देश को एक साफ सुथरी सरकार दी है उन्होंने आरोप लगाया कि यह अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि कांग्रेस पार्टी देश में केवल एक परिवार का शासन चाहती है और वह दूसरों को देश की सेवा करते हुए नहीं देख सकती

पार्टी के लोकसभा सदस्य भृतहरि मेहताब ने आरोप लगाया कि ओडिशा के लोगों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने कोई न्याय नहीं किया इस बीच शिवसेना ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने का फैसला किया है सदन में जारी बहस के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाहजहांपुर के रोजा इलाके में स्थित रेलवे मैदान में पूर्वान्ह ग्यारह बजे किसान कल्याण रैली को संबोधित करेंगे रैली में निकटवर्ती जनपदों के किसानों के बड़ी संख्या में शामिल होने की संभावना है और जानकारी हमारे संवाददाता से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाहजहांपुर में किसान केन्द्र का लोकार्पण और इलेक्ट्रिक इंजन मेंटिनेंस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शाहजहांपूर में होने वाली किसान कल्याण रैली में अन्नदाताओं से सीधे संवाद करेंगे रोजा रेलवे ग्राउंड पर होने वाली इस रैली में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ जुटने की संभावना है इस दौरान प्रधानमंत्री हाल ही में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोत्तरी के साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार की ओर से उठाये जा रहे कदमों पर अपने विचार रखेंगे रूहेलखंड इलाके का शाहजहांपुर जिला पूरे प्रदेश में अनाज उत्पादन के लिए मशहूर है यहां प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक अनाज मंडी है और यहां की पुवायां तहसील पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन करने वाला क्षेत्र है रैली के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किये हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार शाहजहांपुर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि माननीय प्रधानमंत्री इस रैली को माध्यम से लाखों किसानो को संबोधित करेंगे तथा सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक करेंगे जिससे किसान उसका लाभ उठा सके बाइट जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों की समृद्धि के लिए जो उनकी नीतियां है जो उनके कार्यक्रम है और जिस तरह से उन्होंने फैसले किये है जिस तरह से एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया ये ऐतिहासिक है कि इस तरह उसके जो खाद्यान है उनकी एमएससी को बढ़ाया किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यह प्रधानमंत्री का संकल्प है उसका पूरा करने की दृष्टि से कृषि की उत्पादन लागत कम हो और उत्पादन ज्यादा हो तथा उनको उसका अच्छी कीमत मिल सके और किसान उत्साहित है

प्रदेश सरकार ने राज्य में संचालित विकास कल्याणकारी और लाभार्थी परक योजनाओं जैसे अन्त्योदय राशनकार्ड पात्र गृहस्थी राशनकार्ड मुख्यमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना विभिन्न पेंशन योजना सहित अन्य कई योजनाओं में छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए एक सर्वे कराने का फसला किया है सरकार ने इस बारे में मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च वरीयता देते हुए हर हाल में अगले महीने के पहले हफ्ते तक जरूर पूरा कर लें सर्वे के लिए सभी ग्राम सभाओं में खुली बैठक का रोस्टर जारी किया जायेगा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

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों से भर्ती प्रक्रिया स्थगित रखने को कहा है आयोग ने पत्र लिखकर इन संस्थानों से कहा है कि उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका पर फसला सुनाए जाने तक कोई भर्ती न की जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च में घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षकों के कुल आरक्षित पदों के निर्धारण के लिए किसी संस्थान को नहीं बल्कि शैक्षिक विभाग को इकाई माना जाए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पिछले साल अप्रैल के आदेश के आधार पर आयोग ने यह फैसला किया था उच्चतम न्यायालय ने भो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को सही माना था यूजीसी के इस फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ जिसके बाद यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया और सभी शैक्षिक संस्थानों से कहा कि नए फार्मूले के हिसाब से किसी शिक्षक की भर्ती न की जाए उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर सरकार की पुनर्विचार याचिका पर जल्दी ही सुनवाई करेगा

श्री नीरज का कल रात दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया था गोपाल दास नीरज का जन्म चार जनवरी उन्नीस सौ पच्चीस को इटावा ज़िले के परावली गांव में हुआ था हिन्दी साहित्य में अथक सेवा करने वाले और कई कालजयी गीतों के रचयिता नीरज को उनकी साहित्य साधना के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया था प्राण गीत आसावरी बादल बरस गयो अंतध्वनि संघर्ष और कांरवां गुजर गया नीरज की प्रमुख काव्य कृतियों में शामिल हैं बॉलीवुड की फिल्मों के माध्यम से उनके गीतों ने लोकप्रियता के रिकार्ड तोड़े थे फिल्म चंदा और बिजली पहचान और मेरा नाम जोकर में बेहतरीन गीतों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था राज्य सरकार ने गोपाल दास नीरज के नाम पर पुरस्कार शुरू करने और हर साल पांच नवोदित कवियों को सम्मानित करने की घोषणा की है सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि पुरस्कार में एक लाख रूपये नकद स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम दिया जाएगा राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित साहित्य जगत ने गोपाल दास नीरज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

वह आज लखनऊ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बाढ़ राहत और बचाव कार्यो की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कैम्पों में पेयजल शौचालय विद्युत स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित अन्य सुविधाओं के बंदोबस्त के साथ साथ नोडल अधिकारी और चिकित्सकों की तैनाती को सुनिश्चित किया जाये व्हाट्स ऐप ने कहा है कि भारत में उसके उपभोक्ताओं को एक बार में पांच से अधिक चट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी यह कदम व्हाट्स ऐप के जरिए फर्जा संदेश भेजने की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई कंपनी ने कहा है कि वह क्विकफॉवर्ड बटन को ही हटा देगी व्हाट्स ऐप को फर्जा समाचारों और झूठी सूचनाओं के प्रसार के मामले पर भारत सरकार से फटकार पड़ी है सरकार ने कल उसे दूसरा नोटिस भेजा और इस समस्या का हल निकालने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा था